विधानसभा में दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्वांजलि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन में सार्थक सहयोग की अपील की

ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज विधानसभा में विधायक रामलाल ठाक्र लखविन्द्र सिंह राणा और रमेश धवाला के सवाल के लिखित जवाब में दी उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लोकल कंपनियों की दवाईयों की खरीद पर रोक लगाई गई है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोगियों को उपलब्ध कराई गई जिन दवाईयों के सैंपल फेल हो गए हैं उनसे संबंधित फर्मों को आगामी तीन सालों के लिए निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है

शेष योजना परिव्यय गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए रखा जाता है जो जनसंख्या के अनुपात में होता है परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने विधायक आशा कुमारी के एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि डलहौजी में बस अडडे के निर्माण के लिए अभी तक जगह का चयन नहीं हो पाया है उन्होंने कहा कि उपयुक्त जमीन का चयन होने और वन स्वीकृति मिलने के बाद ही यहां बस अडडे का निर्माण हो पाएगा विधानसभा प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र दो दिन के अवकाश के बाद आज फिर से आरंभ हआ राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहली बार हुई सदन की बैठक में जहां सात पूर्व व एक मौजूदा विधायक को श्रद्वांजलि अर्पित की गई वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन के सभी सदस्यों से सार्थक सहयोग की अपील भी की सदन की बैठक आरंभ होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े मुददों को प्रमुखता से उठाएंगे उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को सदन में अपनी अपनी बात ररवने का पूरा मौका दिया जाएगा विपिन सिंह परमार ने सदन को बताया कि प्रदेश विधानसभा द्वारा आरंभ की गई ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के लिए हरियाणा विधानसभा का एक दल इन दिनों विधानसभा के दौरे पर है हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में दौरे पर आया ये दल प्रदेश विधानसभा की ई प्रणाली का अध्ययन कर हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस बनाने पर काम करेगा शोकोदगार प्रदेश विधानसभा ने आज अपने सात पूर्व और एक मौजूदा विधायक सुजान सिंह पठानिया को शोकोदगार के माध्यम से श्रद्वासुमन अर्पित किए इन विधायकों का मॉनसून सत्र और बजट सत्र की अवधि के दौरान निधन हो गया था पूर्व विधायकों में मेलाराम सावर रणजीत सिंह बख्शी कुमारी श्यामा शर्मा चंद्रसेन ठाक्र रघुराज तुलसी राम शर्मा और ओंकार चंद शामिल हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इन दिवंगत विधायकों के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायकों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्म पत्नी संतोष शैलजा को भी श्रद्वांजलि अर्पित की

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र विधायक आशा कुमारी राजीव बिंदल सुखविंदर सुक्खू रामलाल ठाक्र रमेश धवाला आशीष बुटेल लखविंद्र राणा और विक्रमादित्य सिंह ने भी शोकोदगार के माध्यम से दिवंगत विधायकों को श्रद्वासुमन अर्पित किए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सभी दिवंगत सदस्यों द्वारा सदन और प्रदेश के लिए दी गई सेवाओं को याद किया परमार ने कहा कि विधानसभा ने नई परम्परा शुरू करते हुए दिवंगत सदस्यों के परिवारों को सदन की भावनाओं की लिखित प्रति के साथ साथ वीडियो सीडी और पैनडाईव भेजने का भी निर्णय लिया है सदन ने दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा बाद में मौजूदा दिवंगत विधायक सुजान सिंह पठानिया को श्रद्वाजंलि स्वरूप सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया कांग्रेस धरना प्रदेश विधानसभा के पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कांग्रेस के पांचों विधायकों ने अपने निलंबन और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में आज विधानसभा परिसर में धरना दिया इन विधायकों में मुकेश अग्निहोत्री हर्षवर्धन चौहान सुंदर सिंह ठाकुर विनय कुमार और सतपाल रायजादा शामिल है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुक्रवार को विधानसभा परिसर में हुए घटनाक़म के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारी घटना सरकार प्रायोजित थी उन्होंने राज्यपाल के साथ हई बदसलुकी की घटना के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष और कुछ मंत्रियों को ही जिम्मवार ठहराया तथा कहा कि उन्हें भी सदन की कार्यवाही से निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए पीयूष गोयल केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश में रेल और रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जगाधरी पांवटा साहिब के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा इसके अलावा कालका शिमला ट्रैक पर रेल गति में सुधार की सम्भावनाएं तलाशने के लिए आरडीएसओ द्वारा अध्ययन करने के आदेश दे दिए गए हैं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिक क्षेत्र से तैयार माल को बाहर ले जाने में आसानी होगी

आज हमीरपुर में एक विशेष कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायक उपकरण वितरित करने के अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी अनुराग ठाकर ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कई कदम उठाए हैं उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए विज्ञापित होने वाले रोजगार की सुचना एसएमएस के माध्यम से पहंचाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर तंत्र विकसित करने का प्रशासन से आग्रह किया

धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल ने पंचायत प्रतिनिधियों से आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करने में सहयोग का आहवान किया है ध्रमल ने ये बात आज उनसे मिलने आए हमीरपुर विकास खंड की ललीन पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपनी संबंधित पंचायतों में लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत करवाकर स्वाबलंबन व आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने को भी कहा

उन्होंने प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि देहरा नूरपुर ऊना नालागढ़ व नाहन में लगाए जाने वाले इन शिविरों में भेड पालकों को पशु प्रबंधन व रोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी इस दौरान उन्हें प्राथमिक चिकित्सा किट भी उपलब्ध कराई जाएगी